इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार का पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा इसका लक्ष्य गरीब और कमजोर वर्ग के दस करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत लाना है स्वास्थ्य मंत्रालय नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों ने राज्यों में इस योजना की तैयारियों और प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री को दी

आज नई दिल्ली में वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा सूक्ष्म लघु मझोले उद्यमों के मुद्दों और सुझावों पर विचार विमर्श किया गया

बैठक में एमएसएमई की समस्याओं पर विचार करने के लिए केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन करने का निर्णय लिया गया

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया कांकरोली के जे के स्टेडियम में आयोजित पहली जनसभा को सम्बोधित करते हुए अमित शाह ने देश में अवैध रूप से रहने वाले बंग्लादेशी नागरिकों का मामला उठाया उन्होंने कहा कि एनआरसी के तहत इन्हें चिन्हित किया जाएगा राजस्थान की जनता से सीधा संवाद करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई

इसके तहत मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल और रागेश्वरी गैस टर्मिनल का उन्नयन किया जाएगा

इससे प्रदेश में छोटे डेयरी प्लांट स्थापित किये जायेगें

राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव प्रेमचन्द बरवाल ने आकाशवाणी को बताया कि असुविधा से बचने के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र पर लिखे सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए और ड्रेस कोड अनुसार परीक्षा केन्द्र पर पहंचना चाहिए

जयपुर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने आज एक बैठक में जिले की पंचायत समितियों के चयनित गांवों में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किये गये कार्यो की प्रगति की समीक्षा की